श्री नाथ ने कल पहले दिन प्रदेश में निवेश के सिलसिले में उद्योगपतियों से वन ट् वन मुलाकात के साथ चर्चा शुरू की मुख्यमंत्री नाथ ने उद्यमियों को प्रदेश की निवेश मित्र नीतियों की जानकारी देते हुए कहा कि वैश्विक निवेश के लिए मध्यप्रदेश में बेहतर वातावरण है और अनुकूल नीतियाँ बनाई गई हैं श्री नाथ ने कल दावोस के कांग्रेस सेंटर में एमकेएस कंपनी के चेयरमेन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मारवान शकरची सहित अन्य उद्यमियों से भी मुलाकात की श्री नाथ ने कहा कि भारत के केन्द्र में स्थित होने के कारण फार्मा यूनिट के लिए प्रदेश में आदर्श स्थिति मौजूद है

महिंद्रा ग्रुप के प्रबंध संचालक श्री पवन गोयनका ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की रात्रि में श्री नाथ की भेंट बजाज ग्रूप के राहुल बजाज एवं संजीव बजाज से हुई

एमपी विजन दू डिलीवरी रोड मैप में किसानों को कृषि आदान अल्पकालीन कृषि ऋण तथा फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी सभितियों को सक्रिय किया गया है

कुलस्ते केन्द्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में कल सिवनी में जिला सड़क सुरक्षा बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया इस अवसर पर सांसद ढालसिंह बिसेन विधायक सिवनी दिनेश राय विधायक केवलारी राकेश पाल कलेक्टर प्रवीण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रहे

प्रवेश पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज से वितरित किए जाएंगे हमारे इन्दौर संवाददाता को मंडल के संभागीय अधिकारी देवेन सोनवानी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय अपने जिले की समन्वयक संस्था से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट या उचवदसपदम चवतजंस से भी आनलाइन आवेदन क्रमांक के आधार पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं मंडल की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह में होगी राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कल राजभवन के सांदीपनि सभागृह में आयोजित आध्यात्मिकता द्वारा मानव समाज का विकास संगोष्ठी में कहा कि समाज में बढ़ते भौतिकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना होगा उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति सभी जीवों में समान आत्मा की मान्यता पर आधारित है श्री टंडन ने कहा कि अध्यात्म से भेद भाव समाप्त होगा और समाज में मानवीयता का प्रसार होगा उन्होंने महात्मा गाँधी की आत्म शक्ति और स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक चिंतन को समृद्ध भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया कार्यकम में केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आध्यात्मिक सोच समाज में सर्वोपरि होना चाहिये और सभी को उसका अनुसरण करना चाहिये

इसके लिए पांच फरवरी तक आवेदन जमा किया जा सकता है उम्मीदवारों का चयन स्नातक स्तर पर प्राप्त अंक के आधार पर संकायवार मेरिट बनाकर किया जायेगा

इसका उद्देश्य समाज में लोगों के बीच बेटियों के अधिकार को लेकर जागरुकता पैदा करना और उन्हें नए अवसर उपलब्ध करवाना है

इसके साथ ही नुक्केड़ नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा सप्ताह के दौरान बेटियों के नाम पौधारोपण और घरों पर बेटियों के नाम पर नेम प्लेट लगाने का कार्य भी किया जाएगा मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान कुछ बढ़ने से ठंड में कमी हुई है

वहीं भोपाल होशंगाबाद सीहोर सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार आज रीवा सागर ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में हलकी बारिश हो सकती है बादलों की वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है

खेलो इंडिया असम की राजधानी गुवाहाटी में खेलो इंडिया युवा खेलों का आज समापन होगा

इसमें प्रदेश के साथ ही आसपास के प्रदेश से भी जैन धर्मावलंबी शामिल होंगे